इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रा ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि विज्ञान का जीवन के हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने कहा कि डिफेंस स्पेस रिसर्च जैसे तकनीकी वि ायों में भारत में काफी कार्य हो रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई महत्वपूर्ण साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित है और विज्ञान महोत्सव के दौरान वहां होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ महोत्सव में भाग लेने आये देश विदेश के वैज्ञानिकों को मिलेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पहली बार हो रहे अतर्रा ट्रीय विज्ञान महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि भारत के परम्परागत ज्ञान और संस्कृति ने विश्व में देश की एक अलग पहचान बनाई है उन्होंने कहा हम भारत के उस परम्परागत ज्ञान के माध्यम से विज्ञान की ऊंचाईयों को प्राप्त करेंगे जो आज विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है भारत के प्रति ठत वैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने उस के माध्यम से दूनिया का मार्गदर्शन किया है दूनिया को एक दिशा दी है

इससे पहले रा ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल ही कानपुर में गणेश ांकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में वूमेन हेल्थ वैलनेस एंड एम्पावरमेंट वि ाय परँ आयोजित अतर्रा ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि गर्भवती महिलायें और नवजात बच्चे सशक्त रा ट्र की नींव होते हैं इसलिए उनके अच्छे स्वास्थ्य पर जोर दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि महिलायें स्वस्थ्य रहेंगी तो परिवार स्वस्थ्य रहेंगे और परिवार स्वस्थ्य रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ्य रहेगा

हमारे बहत से देशवासियों को सरकार द्वारा या आपकी संस्था जैसी अनेक संस्थाओं द्वारा उनके लाभ के लिए किए जा रहे कार्यो के बारे में जानकारी ही नहीं होती है इसलिए ये हम सबकी हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे तपकों तक उनके लाभ और कल्याण के लिए चलाए जा रहे कार्य समूह की ठीक ठीक जानकारी पहुंचे श्री कोविंद ने कहा कि मिशन इन्द्रधन् ा के तहत पचासी लाख गर्भवर्ती महिलाओं और सवा तीन करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया गया है रा ट्रपति ने कहा कि आयु मान भारत योजना के तहत लगभग डेढ़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेन्टर ने माताओं और ॅशिशुओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का भी प्रावधान है चन्द्र ोखर आजाद कृषिंग एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रतिभा विकास परि ाद की संगो ठी में भाग लेते हुए श्री कोविंद ने कहा कि रा ट्र निर्माण के लिए मूल्यपरक शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से दुनिया को प्रेम और संस्कृति का संदेश दिया है रा ट्रपति ने अपने कानपूर दौरे के दौरान नर्वल कस्बे में स्वतंत्रता सेनानी कवि यामलाल पा द की प्रतिमा का अनावरण और साथ ही एक पुस्तकालय और पा र्द जी के नाम पर बने एक प्रवेश द्वार का भी लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर सत्ता के लिए वोट बैंक की राजनीति करने और लोगों में फूट डालने का आरोप लगाया है राजस्थान के अजमेर में राजस्थान गौरव यात्रा के समापन अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति करने वाले दल सत्ता में आने पर नौकरशाही में भी फूट डालते है जिससे शासन प्रभावित होता है जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं उनको कभी हिंद् मुस्लिम का खेल करने में मजा आती है कभी अगड़े पिछले का खेल करने में मजा आती हैं जहां मौका मिले ट्रकड़े करो जहां मौका मिले दरार पैदा करो हम जोड़ने वाले हैं समाज के हर तबके को समाज के हर वर्ग को कोई मू भाग बहुत पीछे रह जाए यह भी हमें मंजूर नहीं है श्री मोदी ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर सैनिकों का अपमान किया है सर्जिकल स्ट्राइक मेरे देश के वीर जवानों का बहुत ही बड़ा पराक्रम था क्या राजनीति ने आपको इतना नीचे धकेल दिया है कि पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बेइज्जती करने की कोशिश की मेरे वीर जवानों के पराक्रम को लांछन लगाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि चालूखाता घाटे को कम करने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ और उपाय किये जा रहे हैं श्री जेटली ने कल नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा कि अगले दस से बीस वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अपार अवसर होंगे उन्होंने कहा कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रायें डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ रही हैं और ऐसा दुनियाभर में हो रहा है श्री जेटली ने ेकहा कि यह निश्चित है कि भारत मौजूदा वृद्धि दर को अगले एक दो दशक तक बनाये रखने में सक्षम है हाल ही में किये गये कुछ उपायों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर्ज लेने की सीमा को कम करके सत्तर हजार करोड़ रूपये निर्धारित किया है और तेल कंपनियों को एक वर्ष में दस अरब डॉलर तक जुटाने की अनुमति दी है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा तेल पर टैक्स घटाने से मना करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर सवाल उठाया है फेसबूक पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा है कि आम लोगों को राहत देने के मामले में क्या इन लोगों की प्रतिबद्धताएं सिर्फ ट्वीट करने और टेलीविजन चैनलों पर बाइट देने तक सीमित है वित्त मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के मामले में एनडीए सरकार का रिकॉर्ड ानदार रहा है उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को लगातार राहत दे रही है वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह अपने यहां ईंधन पर लगने वाले करों में कमी लाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि पन्द्रह दिसम्बर दो हजार अट्ठारह के बाद गंगा नदी में नालों का पानी नहीं गिरना चाहिए उन्होंने कानपुर की टेनरियों की शिफ्टिंग और निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यो को ीघ पूरा करने के निर्देश दिये हैं कुंभ मेले की तैयारियों की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति पौ ा पूर्णिमा बसंत पंचमी माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर होने वाले प्रमुख स्नान के मौके पर अनिवार्य रूप से निर्मल जल की व्यवस्था की जाये उन्होंने गंगा के किनारे बसे सोलह सौ से अधिक गांवों में विशे ा स्वच्छता अभियान चलाने और सीधे गंगा में गिरने वाले नालों के पानी का गोधन करने के काम को तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पिता यामलाल मौर्य का कल गाम लखनऊ में निधन हो गया वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे तथा उनका राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में इलाज चल रहा था